केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा केन्द्र सरकार की प्रभावी नीतियों से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश बना भारत

राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कोरोना महामारी को रोकने के लिए ट्रेसिंग परीक्षण और उपचार को महत्वपूर्ण बताया है

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश संक्रमण की रोकथाम के लिए केन्द्र सरकार द्वारा जारी सभी दिशा निर्देशों का पालन कर रहा है राज्यपाल ने कहा कि डॉक्टर और पैरा मैडिकल स्टाफ कोरोना मरीजों का इलाज करने का सराहनीय कार्य कर रहे हैं अनुराग ठाकुर केन्द्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि केन्द्र सरकार की प्रभावी नीतियों के परिणामस्वरूप भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश बन गया है

अनुराग ठाकर ने कहा कि आत्म निर्भरता की दिशा में बढ़ते भारत ने सफलता का एक और कदम बढ़ाया है उन्होंने कहा कि विश्व के मशहूर ब्रैंड एप्पल ने अब भारत में आईफोन का उत्पादन शुरू कर दिया है जो देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है अनुराग ठाकुर ने बताया कि सरकार बड़े अंतर्राष्ट्रीय ब्रैंड को भारत में अपनी पूरी सप्लाई चेन मशीनरी लाने के लिए ज़ोर दे रही है भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने पर्यावरण संरक्षण के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं व आम लोगों से पौधरोपण के लिए स्वेच्छा से आगे आने का आहवान किया है वे आज भाजपा महिला मोर्चा द्वारा कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के पगोग में आयोजित पौधरोपरण कार्यक्रम में बोल रहे थे सुरेश भारद्वाज ने कहा कि देश में प्रद्षण की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और वनों की संख्या में वृद्धि कर इस समस्या को कम किया जा सकता है मारकण्डा कृषि मंत्री रामलाल मारकण्डा ने कहा है कि जल जीवन मिशन के तहत लाहौल घाटी के हर घर को आगामी दिसम्बर तक शुद्ध जल मुहैया करवाने का लक्ष्य है केलंग में जल शक्ति विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक में उन्होंने ये जानँकारी दी

उन्होंने स्थानीय ै लोगों की समस्याएं सुनीं और विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण भी किया सहकारिता सहकारिता मंत्री राजीव सैजल ने सहकारी क्षेत्र को लोगों की आर्थिकी सुदृढ़ करने का महत्वपूर्ण माध्यम बताया है वे सोलन जिले के धर्मपुर के लोहांजी गांव में सहकारी सभा के भवन के शिलान्यास अवसर पर बोल रहे थे उन्होंने कहा कि सहकारी क्षेत्र में रोज़गार और स्वरोज़गार की भी व्यापक संभावनाएं हैं परमार विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने कांगड़ा जिले में सुलह विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर आज सड़कों और पुलों के निर्माण कार्य में हुई प्रगति का जायज़ा लिया

संशोधन राज्य सरकार ने प्रदेश में आवागमन से संबंधित आदेशों में आंशिक संशोधन किया है

इसके लिए परीक्षा प्राधिकरण द्वारा जारी प्रवेश पत्र को वैध दस्तावेज माना जाएगा कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने केन्द्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को पत्र लिखकर देश की सीमाओं की रक्षा में कोई भी कोताही न बरतने का आग्रह किया है उन्होंने कहा कि किन्नौर जिले में भारत चीन सीमा पर चीन की संदिग्ध गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए अधिक सतर्कता बरतने की जरूरत है

शिमला जिले में भी एक नया मामला सामने आया है

उपायुक्त के सी चमन ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान फार्मा उद्योग सहित आवश्यक उद्योगो को कम कर्मचारियो के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं शेष उद्योगो में कामकाज पूरी तरह बंद रहेगा

इसे आकाशवाणी व दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा यह कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट न्यूज ऑन एआईआर डॉट कॉम और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा आकाशवाणी डीडीन्यूज पीएमओ और सूचनों व प्रसारण मंत्रालय के यू ट्यूब चैनलों पर यह कार्यक्रम लाइव उपलब्ध रहेगा विक्रमादित्य कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है उन्होंने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए की जा रही कार्रवाई में सरकार दोहरे मापदण्ड अपना रही है उन्होंने कहा कि सरकारी स्तर पर सोशल डिस्टैंसिंग के नियम तोड़े जा रहे हैं वहीं भाजपा नेता अपने कार्यकर्ताओं के साथ इन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं इसके विपरीत नियम तोड़ने पर कांग्रेस नेताओं के खिलाफ मामले बनाए जा रहे हैं विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कानून सबके लिए समान है जिसका पालन सुनिश्चित बनाया जाना चाहिए

पार्टी महासचिव त्रिलोक जम्वाल ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते ये समारोह साधारण तरीके से मनाया जाएगा उन्होंने कहा कि इस दौरान सोशल डिस्टैंसिंग के साथ सरकारी दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा सम्मान किन्नौर ज़िले के प्रवेश द्वार चौरा में बतौर कोरोना योद्वा सेवाएं देने वाले चिकित्सकों पुलिस कर्मियों सहित विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को जिला कांग्रेस ने सम्मानित किया स्थानीय विधायक जगत सिंह नेगी ने एक समारोह में इन कोरोना योद्वाओं को किन्नौरी टोपी पहनाकर सम्मानित किया इन योद्वाओं को पीपी ई किट्स भी प्रदान की गई परीक्षा स्थगित प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते कल होने वाली जेबीटी और शास्त्री विषय की टैट परीक्षा को फिलहाल स्थगित कर दिया है बोर्ड के अध्यक्ष सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि परीक्षा की नई तिथि जल्द घोषित की जाएगी